प्रधानमंत्री सीएए अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे हैशटैग इंडिया सपोर्ट्स सीएए का इस्तेमाल करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के प्रति अपना समर्थन दर्शाएं उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है न कि किसी की नागरिकता समाप्त करने के बारे में प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में सदगुरू का एक वीडियो लिंक साझा किया है जिसमें इस कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है श्री मोदी ने कहा है कि यह वीडियो ऐतिहासिक संदर्भ और हमारी भाईचारे की शानदार संस्कृति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि इसमें स्वार्थी तत्वों से लोगों को गुमराह नहीं होने की भी बात कही गई है नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के समर्थन में आज दुर्ग में एक रैली निकाली गई सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में यह रैली रविशंकर स्टेडियम से शुरू हुई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टोरेट पहुंची इस रैली में वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन के साथ ही बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए इस दौरान सांसद विजय बघेल ने लोगों से नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन करने की अपील की और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा इधर कोंडागांव जिले में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में चौपाटी मैदान से जागरूकता रैली निकाली गई इसके बाद चौपाटी मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को इस अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई रैली में शामिल लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और हिंसक प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ विरोध जताया सिंचाई विकास प्राधिकरण प्रदेश के किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ दिलाने सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश जारी कर दिए हैं उन्होंने कहा है कि सिंचाई साधनों का विकास करने मिशन मोड में कार्य करने की जरूरत है इसलिए छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम सीआईडीसी को सिंचाई विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा गौरतलब है कि प्रदेश में इस समय लगभग संतावन लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है इसमें से दस लाख अड़तीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है जिसे बढ़ाने के लिए नई सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया जाएगा आदिवासी नृत्य महोत्सव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में अब हर साल राज्योत्सव के साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्योत्सव पांच दिनों का होगा इसमें पहले दो दिन राज्य के स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे वहीं शेष तीन दिनों तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में पिछले तीन दिनों से चल रहा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कल संपन्न हो गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव ने यहां की गौरवशाली परंपरा इतिहास और समृद्ध छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है इस आयोजन से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यहां की कला संस्कृति से लोग परिचित हुए समापन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों की कला संस्कृति को देश दुनिया में पहुंचाने का कार्य किया है उन्होंने कहा कि आदिवासी जनजीवन को प्रेरणा देने के लिए महाराष्ट्र में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा समापन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मंत्री अमरजीत भगत कवासी लखमा सहित अन्य वरिष्ठ मंत्री और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे इस महोत्सव में विभिन्न श्रेणी के विजेता टीमों को इकतालीस लाख रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई छत्तीसगढ़ ओडिशा बिहार और उत्तराखंड के नर्तक दलों को विभिन्न श्रेणियों में प्रथम प्रस्कार मिला ंगौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में पच्चीस राज्यों तीन केंद्रशासित प्रदेशों के अलावा छह अन्य देशों बांग्लोदश थाईलैंड श्रीलंका युगांडा बेलारूस और मालदीव के करीब अट्ठारह सौ कलाकारों ने एक सौ पच्चीस से अधिक नृत्य कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दीं मुख्य सचिव समीक्षा बस्तर संभाग को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए पंद्रह जनवरी से चौदह फरवरी तक मलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा यह बात मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जिला कलेक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कही श्री मंडल ने कहा कि मलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत बीजापुर दंतेवाड़ा नारायणपुर सुकमा कांकेर कोण्डागांव और बस्तर के हर घर आश्रम छात्रावास तथा पैरामिलिट्री कैम्प में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सर्वे किया जाएगा इसके बाद प्रत्येक सदस्य के खून की जांच की जाएगी और मलेरिया पाए जाने पर उनका इलाज शुरू किया जाएगा इस कार्य के लिए एक हजार सात सौ बीस दलों का गठन किया जाएगा बैठक में श्री मंडल ने नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के निर्वाचन को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की गई इसी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है उम्मीदवार छह जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच सात जनवरी को होगी वहीं उम्मीदवार नौ जनवरी को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकेंगे इसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और उन्हें च्नाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए अट्ठाईस और इकतीस जनवरी के अलावा तीन फरवरी को वोट डाले जाएंगे साइकिल पोलो प्रतियोगिता साइकिल पोलो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिका और महिला टीम ने तीनों वर्गों का खिताब अपने नाम किया है महाराष्ट्र के गोंदिया में छब्बीस से उनतीस दिसंबर तक साइकिल पोलो राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसमें सब जूनियर बालिका जूनियर बालिका और सीनियर महिला टीम की अलग अलग वर्गों में स्पर्धाएं आयोजित की गईं सब जूनियर बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने उत्तरप्रदेश को जूनियर बालिका में केरल को और सीनियर महिला में भी केरल को पराजित कर विजेता ट्रॉफी हासिल की भारोत्तोलन प्रतियोगिता सत्रहवीं सीनियर महिला और पुरूष भारोत्तोलन प्रतियोगिता जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित की गई छत्तीसगढ़ भारोत्तोलन संघ और बस्तर भारत्तोलन संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस तीन दिवसीय स्पर्धा में प्रदेश के डेढ़ सौ से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए यह प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों को आगामी पांच से सात जनवरी तक कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा मौसम उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के असर से प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है

इधर बीते चौबीस घंटों के दौरान अंबिकापूर में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया वहीं मैनपाट का तापमान एक डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है मुख्यमंत्री शीतलहर प्रदेश में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि महत्वपूर्ण स्थानों में अलाव जलाया जाए साथ ही रैन बसेरो में पर्याप्त मात्रा में कंबल चादर और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराएं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शीतलहर के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि न हो और जरूरत पड़ने पर नए रैन बसेरा की व्यवस्था की जाए स्कूल समय प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने रायपुर जिले के स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है जारी आदेश के अनुसार प्राथमिक स्कूलों का समय सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक और मिडिल स्कूलों का समय दोपहर बारह बजकर पैंतालीस मिनट से शाम पांच बजे तक होगा यह आदेश दस जनवरी तक सभी शासकीय और निजी स्कूलों में प्रभावशील रहेगा वहीं सूरजपुर और बलरामपुर जिले में ठंड की वजह से स्कूलों में तीस दिसंबर से दो जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है साथ ही तीन से चौदह जनवरी तक प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा जिले के नवागढ़ में राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे इस दौरान वे प्रतियोगिता के विजेता टीमों को पुरस्कृत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में एक जनवरी को आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है बीजापुर जिले में भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के चिहका गांव में माओवादियों ने एक व्यक्ति को गोली मार कर घायल कर दिया रायगढ़ जिले की सारंगढ़ पुलिस ने एक ट्रक प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को जब्त किया है